प्रदेश भर में आज मनायी जा रही है विश्वकर्मा जयंती मुख्यमंत्री ने दी है बघाई

वे सीधे नरूर गांव पहंचेंगे जहां उनका प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है बाद में वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स परिसर में प्रधानमंत्री काशी विद्यापीठ के छात्रों और उनकी मदद पाने वाले बच्चों के साथ बातचीत करेंगे श्री मोदी कल वाराणसी में पांच अरब रूपये से अधिक की लागत वाली कुछ परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे इनमें काशी हिन्द् विश्वविद्यालय में स्टेडियम क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान केन्द्र और अटल इनक्यूरेशन सेंटर तथा पुरानी काशी के लिए समन्यित विजली विकास योजना भी शामिल हैं हमारे लखनऊ संवाददाता ने प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बतायाः अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अड़सतवें जन्म दिन पर उनके स्वागत के लिए वाराणसी शहर प्ररी तरह तैयार हैं यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र में मना रहे हैं आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री रोहनिया इलाके के नरूर गांव जायेंगे जहां वह गैर सरकारी संगठन रूम टू रीड की ओर से सहायता प्राप्त प्रायमरी स्कूल के बच्चों के साथ मुलाकात करेगे और एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेगे इसके बाद प्रयानमंत्री डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डी एल डब्लू में कारी विद्यायीठ के छात्रों और उनके सहयोग से पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत करेगे कल प्रधानमंत्री राहर में पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक की विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे पुरानी काशी के लिए इन्दीप्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम आई पी डी एस के साथ बी एच यू में अटल एक्यूबेसन सेन्टर का उद्घाटन भी शामिल है जो पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला एक्यूबेसन सेन्टर होगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के सिलसिले में श्रमदान में भागीदारी तथा योगदान करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल केन्द्रीय औद्योगिक सुख्वा बल सीआईएसएफ राष्ट्रीय कैडिट कोर एनसीसी और आम नागरिकों की सराहना की है अपने कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि सच्छता से प्रत्येक भारतीय को प्रसन्नता हई है उन्होंने एनसीसी की मी सराहना की है और कहा है कि इससे दूसरे संगठनों को भी स्वच्छता अभियान में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए लोगों को स्वच्छता के काम में फिर जुट जाने का आवाह्न किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों को स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया श्री मोदी ने शनिवार को वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देशमर में इस अभियान का श्मारम्भ किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले चार वर्ष पहले स्वच्छता की कवरेज चालीस प्रतिशत भाग में थी जो अब बढ़कर नब्बे प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है उन्होंने कहा कि कृछ ही लोगों ने कल्पना की होगी कि चार वर्ष के भीतर नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण होगा और साढ़े चार लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जायेगा श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब चरम पर है तथा देश के हर वर्ग और आयु के लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं ने स्वच्छता ग्राम समाओं का आयोजन और साफ सफाई के लिए श्रमदान किया सभी जिलों की ग्राम समाओं में जनप्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मियों ने गॉव वालों के साथ बैठके आयोजित की जिसमें स्वच्छता कार्यक्रमों तथा इस सिलसिले में चलायी जा रही अन्य गतिविधियों से जुड़कर अपनी अपनी सहमागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया इन सभाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की स्थिति पर नज़र रखना तथा भविष्य के लिए कार्य योजना बनाना है हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि राज्य के शहरी इलाको में सभी निकायों में स्वच्छता अभियान के विन्हांकन और श्रमदान का क्रम भी जारी है उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से स्वच्छता संवाद कार्यक्रम के तहत प्रमुख कार्यालयों में सेमिनार विभिन्नर स्टेशनों पर पेन्टिग और पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ सभी रेलवे स्टेशनों पर जन सूचना प्रणाली के जरिये पेपरलेस टिकट से यात्रा के लिए चेतना अभियान चलाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पीढ़ी का आहवान किया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्तव से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के नवनिर्माण में सक्रिय योगदान करें श्री योगी कल गोरखप्र में अटल जी की पहली मासिक पृण्य तिथि के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति काव्यांजलि समारोह में बोल रहे थे श्री योगी ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित था यही वजह थी कि वह सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा हर तबके को बिना मेदभाव के देने के न सिर्फ पक्षधर थे बल्कि अपने नेतृत्वकाल में उन्होंने इसे व्यवहारिक रूप में करके दिखाया अटल जी के निवन से न सिर्फ एक दल या वर्ग बल्क पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चार सौ तीन स्थानों पर काव्याजलि कार्यक्रम हो रहे हैं काव्याजलि समारोह में कवियों ने अटल जी की कविताओं का सस्वर पाठ किया तथा उनसे जुड़ी अपनी रचनायें भी सुनायीं भारत ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने की अपील की है सर्विया की राजघानी बेलग्राद में नेशनल एसेम्बली को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे के रूप में परिमाषित करना मौजूदा विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि इससे निपटने के लिए वैश्विक आतंकरोघी व्यक्स्था को मजबूत करने की जरूरत है उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सर्बिया भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के पक्ष में है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति सम्बन्धी कानून का दुरूपयोग नहीं होने देगी श्री शर्मा हाथरस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे एससी एसटी एक्ट में हाल ही में किये गये संशोधन को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि यह क़ानून सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है लेकिन इसकी आड़ में किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा जेल से रिहाई के बाद भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण द्वारा सरकार और भाजपा विरोधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आलोचना करने का अधिकार समी को है लेकिन यदि कोई प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने और जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी विश्वकर्मा जयंती आज प्रदेश भर में आस्थापूर्वक धूमधाम से मनायी जा रही है कल कारखानों निर्माण स्थलों तथा आभियंत्रिकी से जुड़े संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं कई स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां स्थापित की गयी हैं जहां पूजा पाठ शुरू हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर शिल्पियों और अमियंताओं को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा है विश्वकर्मा जयंती सूजन और निर्माण के प्रति हम सबको को प्रतिबंद्व होने का अवसर प्रदान करती है भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंघान संगठन इसरो ध्रवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान पीएसएलवी सी बयालिस को कल रात दस बजकर आठ मिनट पर श्री हरिकोटा स्थित संतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किया यह अन्तरिक्षयान ब्रिटेन के दो उपग्रह नोवा एसआर और एस वन चार को अन्तरिक्ष में ले जायेगा यह इस वर्ष का पहला व्यवसायिक मिशन है एंटरिक्स कार्पोरेशन व्यवसायिक स्तर पर दो सौ अस्सी से ज्यादा विदेशी उपग्रह अन्तरिक्ष में भेज चुका है पीएसएलवी इसरो का एक मात्र ऐसा विश्वसनीय यान है जो बारहवीं बार छोड़ जायेगा प्रदेश में हुए दो अलग अलग हादसों में पाँच लोगों की मौत हो गयी और चार लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये ग़ाज़ियाबाद के लोनी में स्थित ट्रोनिका सिटी इलाके में कल सुवह अचार बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे तीन मज़दूरों की टैंक में गिरने से मौत हो गयी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैमव कृष्ण ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि यह तीनों मजदूर फैक्ट्री के बेसमेन्ट में बने टैंक को साफ कर रहे थे जिसमें गैस की वजह से इनका दम घूट गया उधर औरैया जिले के विधना बेला मार्ग पर कैथावा मोड़ के पास दो वाहनों की आमने सामने टक्कर होने से वैन चालक और एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी